कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने ऑक्सीजन उत्पादकों से राज्य में ऑक्सीजन का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने को कहा है शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आक्सीजन उत्पादकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के रिसाव और अपव्यय को भी प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है ताकि ऑक्सीजन के कारण किसी को परेशानी न हो

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के उचित कार्यान्वयन की जानकारी हासिल करने के लिए माल रोड शिमला का दौरा किया इस दौरान उन्होंने दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले कुछ दुकानदारों से कोरोना कर्फ्यू के बारे में बातचीत की

उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने व राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कृतसंकल्प है अनुराग ठाक्र ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय हैं इसी उददेश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में चल रहा है उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आहवान किया है

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने यह छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा कनटेनमेंट जोन में रहने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कनटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता संयुक्त बयान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेशवासियों के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों से आने वालों को कोरोना कर्फ्यू के कारण असुविधा न हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए उन्होंने लोगों से सरकार का पूर्ण सहयोग करने और प्रदेश हित के लिए उचित व सही जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया है कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कोरोना से लोगों को राहत कार्यो के लिए पूर्व मंत्री जी एसबाली को प्रभारी नियुक्त किया है पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने एक बयान में कहा है कि वे पार्टी द्वारा शुरू की गई हैल्पलाईन की निगरानी भी करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री बाली के साथ राहत कार्यो की निगरानी करेंगे शुक्ला ने कहा कि पार्टी द्वारा स्थापित सभी राहत केंद्रों को अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्थापित कंट्रोल रूम को देनी होगी अपील हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस संकटकाल में निगम लोगों की मदद के लिए कृतसंकल्प है

उन्होंने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को साबुन मास्क सेनेटाईजर इत्यादि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि निगम के संक्रमित कर्मियों के लिए आईसोलेशन सेंटर स्थापित करने के भी आदेश दिए हैं राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को कर्फ्यू के ई पास जारी करने की व्यवस्था को महज एक औपचारिकता करार दिया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि बगैर किसी जांच पड़ताल के ई पास जारी करना प्रशासन व सरकार की कोरोना को लेकर अव्यवस्था को दर्शाता है राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के चलते ईपास व्यवस्था में बहुत खामियां है शिकायत हिमाचल प्रदेश सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग की शिकायत पर शिमला के पूर्वी थाना में आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है शिकायत में विभाग ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा गलत सूचना पर आधारित कोविड ई पास जारी करने के मामले में सोशल मीडिया व विभिन्न समाचार चैनलों पर आज एक खबर चर्चा में रही जिसमें एक ही मोबाइल व आधार नम्बर पर दो जानी मानी हस्तियों के नाम पर हिमाचल में आने के लिए ई पास बनाए गए थे शिमला पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

बस सेवा कुल्लू जिले में निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है कोरोना कर्फ्यू में सरकार के निर्देशों के बाद कुल्लू जिला निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने अपनी हड़ताल स्थगित की है यूनियन के प्रधान रजत जम्बाल ने बताया कि कर्फ़्यू के चलते और सरकार के आश्वासन के बाद कुछ समय के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है उन्होंने कहा कि यदि अगली कैबिनेट बैठक में उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो मजबूरी में फिर से बसों को खड़ा करना होगा

जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशानुसार इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में हर बैड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सुविधा के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी

हेडगेवार हेडगेवार स्मारक समिति शिमला द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को आज तीन एम्बुलेंस समर्पित की समिति के सचिव मनोज कपूर ने बताया कि कोविड मरीजों को एम्बुलेंस सेवा की कोई कमी न हो इसी के मददेनजर इन तीनों एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है कोविड मरीज समिति से संपर्क कर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकते हैं

न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है साक्षात्कार की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार